उन्होंने कहा यह परम्परा जवानों और उनके परिवार की मदद करेगी न् मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कल्याण और कृषि विभाग की समीक्षा करेंगे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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बारह बजकर बीस मिनट पर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का वर्चअल माध्यम से शिलान्यास किया आगरा के पीएसी ग्राउंड में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ और केंद्रीय शहरी आवास राज्यमंत्री हरदीप पुरी मौजूद रहे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में निवेश करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हई है आगरा मेट्रो से शहर के छब्बीस लाख लोगों को फायदा होगा इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ेगी प्रधानमंत्री ने कहा है कि बड़े शहरों की तर्ज पर छोटे शहर में रहनेवाले युवा भी अबात्मनिर्भेर बनने का साहस दिखा रहे है

पिछले दस दिन से नये संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा बनी हुई है

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एसआईआई ने देश में ही तैयार की गयी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की आपातकालीन मंजूरी का आवेदन किया है एसआईआई के सीईओ अदार प्रनावाला ने कहा है कि यह टीका बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाएगा इंस्टीट्यूट ने भारत के औषधि महानियंत्रक को भेजे गये अपने आवेदन में कहा है कि महामारी की मौजूदा स्थिति और लोगों की चिकित्सा संबंधी जरूरतों के मद्देनजर आपात मंजूरी की जरूरत है वहीं जानी मानी दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने भी देश में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी है फाइजर इंडिया ऐसी पहली कंपनी है जिसने इस वैक्सीन की भारत में बिक्री के लिए आयात करने का औषधि महानियंत्रक को आवेदन दिया है ब्रिटेन और बहरीन में फाइजर कंपनी को यह अनुमति पहले ही मिल चुकी है देश में इस समय पांच तरह की वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए कहा है कि यह दिन सशस्त्र बलों और उनके परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करने का विशेष अवसर है उन्होंने कहा कि देश को उनकी बहादुरी और निस्वार्थ बलिदान पर गर्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर योगदान करने की अपील की उन्होंने कहा कि यह परम्परा जवानों और उनके परिवार को मदद करेगी भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से शहीद जवानों दिव्यांग सैनिकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस फंड में योगदान देने का आह्वान किया है एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि हमारे जवान देश के रक्षक हैं और उन्होंने नागरिकों की रक्षा के लिए बलिदान दिए हैं उन्होंने कहा कि हमें बहादर जवानों के शौर्य और देशभक्ति के लिए उन्हें नमन करना चाहिए वहीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर भारतीय सेना के सभी कार्यरत और अवकाश प्राप्त सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को श्रभकामनाएं दी हैं उन्होंने जनता से अपनी क्षमता अनुसार सशस्त्र झंडा दिवस कोष में योगदान देने की अपील करते हुए कहा कि उन वीर सैनिकों जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहति दी है उनके प्रति आभार प्रकट करें

एसेट मोनिटाइजेशन से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है और इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है श्री कुमार ने कहा कि इससे संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हरसंभव प्रयास किये जायेंगे आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय ने निर्यात संवर्दधन परिषद के गठन का निर्णय किया है उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा आयुष मंत्री श्रीपद नाईक ने आयुष व्यापार और उद्योग की संयुक्त समीक्षा के बाद यह फैसला किया समीक्षा में यह भी निर्णय किया गया कि आयुष के क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए मूल्य और गुणवत्ता को प्रतिस्पर्धी बनाने पर दोनों मंत्रालय मिलकर काम करेंगे यह समीक्षा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई जिसमें आयुष के व्यापार और उद्योग से जुडे लगभग पचास प्रतिनिधि शामिल हुए आयुष क्षेत्र के लगभग दो हजार हितधारकों ने भी इस समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार बुधवार को नई दिल्ली में किसानों के संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पांचवे दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने की कोई आशंका नहीं है श्री तोमर ने कहा कि किसान नेताओं ने जिन प्रावधानों को लेकर आपत्तियां व्यक्त की हैं उनका संभावित समाधान खोज लिया गया है उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह वचनबद्व है और भविष्य में भी यह वचनबद्वता कायम रहेगी उन्होंने आशा व्यक्त की कि किसानों का आंदोलन जल्द ही समाप्त हो जाएगा राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि प्रदेश कृषि के क्षेत्र में आगे बढे इसके लिए सरकार किसानों के हित में आने वाले समय में कई नियम कानून बनाने जा रही है

उसमें पूरे राज्य के लिए कृषि बजट और कृषि से संबंधित सुविधाओं पर चर्चा होगी धान खरीद के सवाल पर उन्होंने कहा कि धान क्रय सिस्टम को सुधार जा रहा है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर बाद रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा करेंगे इसके बाद शाम चार बर्ज से कृषि पश्पालन एवं सहकारिता विभाग के कार्यो और प्रगति की समीक्षा करेंगे इस बैठक में कल्याण मंत्री चंपई सोरेन और कृषि मंत्री बादल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे

मृतकों में धनबाद से दो जबकि जमशेदपुर गढ़वा पलामू रामगढ़ और रांची से एक एक मरीज शामिल है

इनमें एक हजार सात सौ छियानबे सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख सात हजार चार सौ छियानबे मरीज ठीक हो गए हैं अब तक राज्य में नौ सौ छियासी लोगों की मौत कोरोना से हुई है वहीं तैंतालीस लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई है खूंटी जिले को एनेमिया मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन की सक्रिय पहल एनेमिया मुक्त खूंटी के तहत तोरपा प्रखण्ड में विशेष अभियान चलाया गया

साहिबगंज जिले में दो अलग अलग घटना में दो लोगों की मौत हो गई राधा नगर थाना क्षेत्र के मोहनपुर पंचायत अंतर्गत तलबन्ना चौक पर बेकाबू ट्रैक्टर ने एक फेरीवाले को अपनी चपेट में ले लिया जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया वही बोरियो थाना क्षेत्र के दुर्गाटोला पंचायत के तेतरिया पहाड़ पर एक व्यक्ति की मौत नशे की हालत में बारूद का गोला लड्ड समझ कर खाने से हो गई है पुलिस दोनों मामले की छानबीन कर रही है वहीं साहिबगंज जिले में ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर कल पुलिस ने कार पर सवार तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है उनके पास एक कट्टा तीन जिंदा कारतूस तीन मोबाइल बरामद किया गया है जानकारी देते हुए एसपी अनुरंजन किसपोट्टा ने बताया कि यह सभी संदिग्ध हालत में घूम रहे थे पकड़े गए अपराधियों में दो अपराधी उड़ीसा के कोटामंडी थाना क्षेत्र का रहने वाला है जबकि एक साहिबगंज के महादेवगंज का निवासी है ये किसी बडी घटना को अंजाम देने के लिए साहिबगंज पहुंचे थे पुलिस ने सभी अपराधियों को जेल भेज दिया है मामले की छानबीन की जा रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज एक मुठभेड़ के बाद शकरपुर इलाके से पांच संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया प्राप्त सूचना के अनुसार इनमें से दो पंजाब के हैं और तीन कश्मीर के हैं हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गिरफ्तार लोगों का संबंध खालिस्तान से है सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की सीरीज के दूसरे ट्वेंटी ट्वेंटी मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को छह विकेट से हराकर मैच और ट्वेंटी ट्वेंटी सीरीज अपने नाम कर ली है